इस अवसर पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुख्यमंत्री जयराम ठाकर सहित मंत्रिमण्डल के सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक दलों ने प्रस्तुतियां देकर सभी का खूब मनोरंजन किया

केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री जयंत सिन्हा ने नई दिल्ली में बताया कि अगर एयरलाइंस की गलती के कारण कोई उड़ान रद्द की जाती है तो यात्रियों को मुआवजा दिया जाएगा या टिकट का पैसा लौटाया जाएगा अगर किसी उड़ान में देरी होती है तो यात्रियों को विभिन्न तरीकें से क्षतिपूर्ती की जाएगी जयंत सिन्हा ने बताया कि इस मसौदे के अनुसार दिव्यांग यात्रियों के लिये सीटों का भी प्रस्ताव है इस मसौदे के प्रावधान एक दो महीने के अंदर लागू हो जाएंगे मसौदे के अनुसार अगर कोई यात्री टिकट लेने के चौबीस घंटे के अंदर इसे रद्द कराता है तो कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा विक्रम ठाक्र उद्योगमंत्री विक्रम ठाक्र ने आज मण्डी जिले में सुंदरनगर उपमण्डल के डैहर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन का शिलान्यास किया इस मौके इस जनसभा में उन्होंने कहा कि प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि युवा पीढ़ी स्वरोजगार हासिल कर सके विक्रम ठाक्र ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को घर द्वार पर तकनीकी शिक्षा मुहैया करवाने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं

विधायक राकेश जम्वाल ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए इससे पहले विक्रम ठाकुर ने तीन दिवसीय जिला स्तरीय शीतला माता मेले का शुभारम्भ किया और मेले के उपलक्ष्य में निकाली गई शोभा यात्रा की अग्वाई की मारकंडा लाहौल स्पिति जिले को पर्यटन के विश्व मानचित्र पर लाने के उद्देश्य से कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज बालीवुड अभिनेता अक्षय कमार से बातचीत की अक्षय कमार इन दिनों स्पिति घाटी में केसरी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं मारकंडा ने अक्षय कुमार को घाटी में शीतकालीन खेलों की अपार संभावनाओं के बारे जानकारी दी और उन्हें जिले में घर बनाने का निमंत्रण भी दिया उन्होंने कहा कि प्रदेश में विंटर स्पोटर्स को बढ़ावा देने के लिए अक्षय कुमार की मदद लेने पर सरकार विचार करेगी अक्षय कुमार ने भविष्य में अपनी सभी फिल्मों की शूटिंग लाहौल स्पिति में करने की इच्छा जताते हुए इसके लिए बालीवुड के अन्य फिल्म निर्माताओं को भी प्रोत्साहित करने की बात कही रजनी पाटिल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी ने सुशील कुमार शिंदे के स्थान पर रजनी पाटिल को हिमाचल कांग्रेस प्रभारी नियुक्त किया है महाराष्ट्र से संबंधित रजनी पाटिल पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं और वे लोकसभा व राज्यसभा सदस्य रहने के साथ साथ विधायक भी रह चुकी हैं

इस बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रजनी पाटिल की नियुक्ति पर खुशी जाहिर की है पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस विधायक वीरभद्र सिंह ने रजनी पाटिल को प्रदेश प्रभारी बनने पर श्भकामनाएं दी है वीरभद्र सिंह ने उम्मीद जताई है कि उनके मार्गदर्शन में प्रदेश में पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाक्र सुखविंदर सिंह ने रजनी पाटिल को प्रभारी बनाए जाने पर उन्हें बधाई है और कहा कि वे जल्द ही हिमाचल दौरे पर आएंगी विधायक विक्रमादित्य सिंह और पार्टी महासचिव नरेश चौहान ने भी रजनी पाटिल को प्रदेश प्रभारी बनने पर बधाई दी है डेजी ठाक्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाक्र ने आज सोलन में प्रदेश के पहले वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया और यहां किए जा रहे कार्यो का जायजा लिया उन्होंने कहा कि इस तरह के सेंटर अन्य जिलों में भी खोले जाएंगे ताकि महिलाओं की शिकायतों का निपटारा इन केन्द्रों के माध्यम से किया जा सके डेजी ठाकूर ने वन स्टॉप सेंटर के प्रचार प्रसार की जरूरत पर बल दिया उन्होंने क्षेत्रीय अस्पताल में स्त्री रोग विभाग का निरीक्षण भी किया और महिलाओं की समस्याएं सुनी कल्याण समिति विधानसभा सचिवालय शिमला में आयोजित दो दिवसीय कल्याण समिति की बैठक आज सम्पन्न हुई इस दौरान प्रदेश में चलाई जा रही योजनाओं के तहत अत्याचार से पीड़ित अनुसूचितजाति व अनुसूचित जनजातियों को राहत देने की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित उत्तर का अवलोकन किया गया